मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शहीद तिलकराज को श्रद्वासुमन अर्पित करने कल जाएंगे धेवा गांव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा आतंकी घटना का दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब शिमला जलापूर्ति व सीवरेज परियोजनाओं में सुधार के लिए राज्य और केंद्र सरकार व विश्व बैंक के बीच समझौते पर हस्ताक्षर

इस आतंकी हमले की हिमाचल विधानसभा ने कड़ी निंदा की है

शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में आज शोक प्रस्ताव प्रस्तुत कर शहीद जवानों को श्रद्वांजलि अर्पित की गई शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मुख्यमत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि आतंकी हमले में ज्वाली क्षेत्र की नाणा पंचायत के धेवा गांव के तिलक राज शहीद हुए हैं

मुख्यमंत्री ने आतंकी हमले की पुरजोर निंदा की और शहीदों के परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है

यह घटना देश के समक्ष बड़ी चुनौती है और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है उन्होंने केंद्र सरकार से इस चुनौती से सख्ती से निपटने का आग्रह किया है

सिंघा ने शहीद तिलक राज के परिवार को अपनी निजी राशि से सहयोग करने की बात कही पूर्व मुख्मयंत्री वीरभद्र सिंह ने शोक प्रस्ताव में बोलते हुए कहा कि सेना आंतकियों का हिम्मत के साथ मुकाबला कर रही है वीरभद्र सिंह ने कहा कि यह घटना सीमा पर न होकर जम्मू कश्मीर की राजधानी के निकट हुई है इससे यह जाहिर हो रहा है कि देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह वन मंत्री गोविंद सिंह विधायक इंद्र सिंह धनीराम शांडिल राकेश पठानिया विक्रमादित्य सिंह विक्रम जरियाल सुरेश कश्यप और आशीष बुटेल ने भी शोक प्रस्ताव में भाग लिया विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल भी शोक प्रस्ताव में सम्मिलत हुए तिलक राज उधर इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है

जम्मू से श्रीनगर जा रहे सीआरपीएफ के काफिले को एस्कॉट करते समय कॉन्स्टेबल तिलक की गाड़ी को आतंकवादियों ने अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहीद के पिता से फोन पर बात कर वीर सैनिक तिलक राज की शहादत पर गहरा दुःख व्यक्त किया और परिजनों को ढांढस बंधाया मुख्यमंत्री शहीद को श्रद्वासुमन अर्पित करने के लिए कल सुबह उनके पैतुक गांव धेवा पहुंचेंगे शहीद का पार्थिव शरीर देर शाम तक पठानकोट हवाई अड्डे पहुंचने की उम्मीद है खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर सहित जिला प्रशासन के अधिकारी वहां से शहीद के पार्थिव शरीर को धेवा लाएंगे इससे पहले आज खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर और विधायक अर्जुन ठाकुर ने तिलक राज के घर जाकर उनके परिजनों को सांत्वना दी विधानसभा स्थगित इस बीच आतंकी हमले के शहीद जवानों के सम्मान में आज प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शोक प्रस्ताव के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई सदस्यों ने शहीदों के सम्मान में कुछ पल का मौन रखा इससे पहले मुख्यमंत्री व सदन के नेता जयराम ठाकर ने विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल से पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए रणबांकुरों के सम्मान में सदन की कार्यवाही स्थगित करने का आग्रह किया बिंदल ने उनका अनुरोध स्वीकार करते हए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में सदस्यों को यह भी अवगत करवाया कि इस आंतकी हमले से आहत राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने विधानसभा के सदस्यों के लिए राजभवन में आज शाम आयोजित होने वाले रात्रि भोज के आयोजन को रद्द कर दिया है राज्यपाल राज्य विधानसभा के सदस्यों के सम्मान में प्रत्येक बजट सत्र के दौरान रात्रि भोज का आयोजन करते है इस बीच आचार्य देवव्रत ने सीआरपीएफ जवानों की शहादत पर शोक जताते हुए उनके परिजनों से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं उन्होंने घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है नड़डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने पुलवामा आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश शहीदों के परिवारों के साथ खड़ा है आज कुल्लू में उन्होंने कहा कि सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और आतंक की इस घटना का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए इस घटना पर शोक जताया है पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल ने पुलवामा आतंकी हमले में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों की शहादत को प्रणाम करते हुए इस घटना की कड़ी आलोचना की है उन्होंने शहीद सैनिकों के परिजनों से गहरी संवेदनाए प्रकट करते हुए घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है सांसद रामस्वरूप शर्मा ने शहीदों को श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाने का समय आ गया है जिसके लिए भारतीय सेना तैयार है शोक इधर पुलवामा में हए आतंकी हमले की प्रदेश कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने इस शर्मनाक घटना पर दुख जताते हुए शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि ये घटना राष्ट्र के लिए बड़ी चुनौती है जिसका उचित जवाब देना जरूरी है बाद में पार्टी कार्यकर्त्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय से रिज मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक एक शांति मार्च निकाला इस मौके पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे सेवादल के मुख्य संगठक अनुराग शर्मा सहित सभी पदाधिकारियों व सदस्यों ने भी इस घटना पर द्ख जताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं ऑल हिमाचल मुस्लिम वेल्फेयर फैडरेशन सोसायटी ने भी आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए शहीदों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई है इसी तरह सभी जिला मुख्यालयों पर भी शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए मौन रख कर उन्हें श्रद्वांजलि दी गई कुल्लू जिला प्रशासन ने शहीदों के सम्मान में एक सप्ताह तक सरकारी समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है समझौता शिमला जलापूर्ति और सीवरेज परियोजना में सुधार लाने के लिए आज प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार और विश्व बैंक ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं

राज्य सरकार की ओर से शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए योजना के विभिन्न घटकों को शिमला जलापूर्ति और सीवरेज परियोजना के तहत कवर किया जाएगा इसके तहत सतलुज जल आपूर्ति प्रणाली का निर्माण गिरी और गुम्मा पम्पिंग सिस्टम का पुर्नवास शामिल है

मौसम प्रदेश के जनजातीय इलाकों में हिमपात जबकि निचले व मध्यवर्ती इलाकों में व्यापक वर्षा से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है लाहौल स्पीति जिले में कल रात से भारी हिमपात का क्रम जारी है और सड़क बिजली और संचार सेवाएं बाधित होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं भारी बर्फबारी से हिमस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है

राजधानी शिमला में रूक रूक कर वर्षा का क्रम जारी है निचले जिलों में लगातार हो रही वर्षा से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हालांकि इस वर्षा को किसान विभिन्न फसलों के लिए फायदेमंद मान रहे हैं

जिला प्रशासन ने सड़क के दोनों तरफ पुलिस जवान तैनात किए हैं मगर बार बार मलबा आने से किसी भी घटना का अंदेशा बना हुआ है जिला प्रशासन ने रात के समय इस मार्ग पर आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी है रिकांगपिओ से हमारे प्रतिनिधि के मुताबिक आज इस मार्ग पर मलबा आने से एक छोटा वाहन क्षतिग्रस्त हो गया मगर चालक अपनी जान बचाने में सफल रहा

ये उड़ान मौसम पर निर्भर करेगी बीएसएनएल बीएसएनएल के दूरसंचार जिला शिमला के मुख्य महाप्रबंधक अरूण अग्रवाल ने बताया है कि बीएसएनएल को बंद करने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है उन्होंने कहा कि बीएसएनएल एक बड़ी सेवा प्रदाता कम्पनी है जिसका देश में विस्तृत आधारभूत ढांचा है अरूण अग्रवाल ने कहा कि निगम ग्रामीण क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहा है इस बीच बीएसएनएल के कॉरपोरेट कार्यालय दिल्ली के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अनुपम श्रीवास्तव ने भी उपभोक्ताओं से बीएसएनएल को बंद किए जाने की अफवाह से दूर रहने की अपील की है

आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कुलविन्द्र ने बताया है कि कर्मचारियों को पिछले तीन माह से वेतन नही दिया गया है और तीन कर्मचारियों को बिना कारण बताए नौकरी से निकाल दिया गया है महासंघ ने सरकार से उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का सरकार से आग्रह किया है